उन्होंने बेटियों का सम्मान कर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपब्यियों को सम्मान देने की बात कही है आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दीपावली के पर्व पर भारत की लक्ष्मी नामक कार्यक्रम की शुरूआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पूरे देश में इसका भरपूर स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री ने सत्रहवीं शताब्दी की कन्नड़ कवियत्री सांची होनम्मा का उल्लेख किया कवियत्री होनम्मा ने अपनी एक कविता में कहा था कि बेटियां हमारा गौरव हैं हम सभी इस दीपावली पर भारत की नारी शक्ति और उनकी उपलक्षियों को सेलिब्रेट करें यानी भारत की लक्ष्मी का सम्मान हमारी बेटियाँ हमारा गौरव हैं और इन बेटियों के महात्मय से ही हमारे समाज की एक मजबूत पहचान है त्योहारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वो अवसर होता है जब लोगों के जीवन में नई चेतना आती है उन्होंने दीवाली के दौरान लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की चर्चा करते हुए कहा कि आज इसकी बात पूरे देशभर में हो रही है उन्होंने विश्व में सबसे ऊंचे यूद्ध क्षेत्र सियाचिन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि स्वच्छ सियाचिन अभियान भी चला रहे हैं प्रधानमंत्री ने मन की बात भें लौह प्ररूष सरदार पटेल का भी स्मरण किया जिनकी वर्षगांठ इस महीने की इक्कतीस तारीख को मनाई जायेगी उन्होंने कहा कि सरदार पटेल में लोगों को एक सूत्र में बांधने और वैचारिक स्तर पर असहमत लोगों के साथ संतुलन बनाकर चलने का दुर्लभ गुण था सरदार पटेल बारिक से बारिक वीजों को भी बहत गहराई से देखते थे परखते थे

इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपूण थे योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी सरदार साहब की कार्यशैली के विषय में जब पढते हैं सूनते हैं तो पता चलता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त होती थी श्री मोदी ने कहा कि इक्कतीस अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और यह हर कीमत पर देश की एकता अखंडता और सुरक्षा के संरक्षण का संदेश देता है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को सशक्त बनाने के लिए हमेशा से ही बहत सक्रिय और सतर्क रहा है प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी स्मरण किया जिनकी इक्कतीस अक्टूबर को ही हत्या हुई थी श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उस घटना से देश को एक बहुत बड़ा सदमा लगा था प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने की बारह तारीख को सिख धर्म के संस्थापक गुरू नानक देव जी का पांच सौ पचासवां प्रकाशोत्सव भारत सहित पुरे विश्व में मनाया जायेगा गुरू नानक देव का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि प्रे विश्व में अनुभव किया जाता है दीपावली पर देशवासिर्यो को श्रभकामनाए देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हमें सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने और शत्रुता की भावना को समाप्त करने की प्रार्थना के साथ इसके प्रकाश को और फैलाने का प्रयास करना चाहिए दीपावली का त्योहार आज पारम्परिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई के विजय का यह त्योहार रौशनी पर्व के रूप मनाया जाता है लोग इस मौके पर धन की देवी मॉ लक्ष्मी और म के देवता भगवान श्रीगणेश का पूर्जा अर्चना कर रहे हैं थल सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पहुंचे हैं उन्नीस सौ सैंतालिस में पाकिस्तान समर्थक घ्रसपैठियों को खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय सैनिकों के पहुंचने की याद में यह दिन मनायां जाता है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के साथ प्रधानमंत्री सीधे सीमावर्ती जिले में स्थित सेना ब्रिगेड मुख्यालय पहचे गोरखपुर के वनटांगियां गांव तिनकोनिया नंबर तीन में आज वनटांगियों के साथ दीपावली मनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते सौ साल तक संघर्षों की दास्ता लिख रहे वनटांगियों को असल आजादी अब मिली है सही मायने में वह दिवाली अब मना रहे हैं श्री योगी ने कहा कि लंबे समय तक पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते वन विभाग और पुलिस विमाग वनटांगियों का शोषण करता रहा और वह आजाद होने के बाद भी गुलामी की जंजीरों में भी जकडे रहे बदहाल वनटांगिए दर्दशा से निजात पाने के लिए निरंतर शासन प्रशासन की गहार लगाते रहे पर उनकी एक न सुनी गई और संघर्षों की दास्ता लंबी होती गई दो हजार सत्रह में भाजपा सरकार ने अड़तीस वनटांगिया गावों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर जब उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा तो उनकी तकदीर बदल गई ढाई साल पहले तक वनटागियों के पास न तो पक्का मकान था और न ही शौचालय अब सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है